रक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत रक्षा नवाचारों में और प्रगति करेगा इस सम्मेलन का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए नवाचारों से जुड़े सभी पक्षों में तालमेल बढ़ाना है

इससे सालाना करीब डेढ़ करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा

प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से सम्पर्क कर रहे है प्रशासन की ओर से निष्पक्ष और पारदर्शी चूनाव के लिए विभिन्न इंतजाम किए जा रहे हैं मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केन्द्रों पर भी खास प्रबंध किए जा रहे है

उधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी निकाय चुनाव में अच्छी बढ़त हासिल करेगी

तीन युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया जबकि एक अन्य युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी

सुदर्शन चक वाहिनी द्वारा पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में इन दिनों इसका पूर्वाभ्यास किया जा रहा है

तीन दिवसीय आयोजनों की कड़ी में आज नगर कीर्तन के साथ रागी जत्थों द्वारा गुरूवाणी और संगत के आयोजन हो रहे है कल गुरूनानक जयंती मनाई जायेगी इधर प्रकाश उत्सव के अवसर पर कल से राज्य से सुल्तानपुर लोधी के लिए निःशुल्क रोडवेज बसों का संचालन किया जायेगा

मुख्य स्नान कल कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा इसके साथ ही धार्मिक मेले का समापन हो जाएगा झालावाड जिले में चन्द्रभागा कार्तिक मेले में भी बडी संख्या में देशी विदेशी सैलानी जुटे हैं

शहीद नैनूसिंह चंडीगढ में तैनात थे

सवाईमाधोपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दल ने कार्यवाही करते हुए बौली थाना पुलिस निरीक्षक हरभजन सिंह को तीन हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है

करौली जिले के टोडाभीम उपखंड में बाजार आज तीसरे दिन भी बंद रहे पिछले दिनों एक व्यापारी के साथ हुई लूटपाट की घटना के विरोध में व्यापारी बंद रख रहे हैं पाली जिले के सोजत इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पामऑयल से भरा टैंकर पलट गया इसके बाद ऑयल लेने उमड़ी भीड़ की वजह से जाम लग गया झालावाड़ में शिक्षा और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया

वहीं उदयपुर में हुई कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान प्रलिस की महिला टीम विजेता और प्रूष की उपविजेता रही

प्रत्येक वर्ष ग्यारह नवम्बर को यह दिवस स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर मनाया जाता है महान स्वतंत्रता सेनानी और विलक्षण प्रतिभा के धनी मौलाना अबुल कलाम आजाद का देश की शिक्षा प्रणाली की आधारशिला रखने में महत्वपूर्ण योगदान है

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार बनाने से इनकार के बाद शिवसेना को राज्य में नई सरकार बनाने का न्यौता दिया है